नाहरलगुन में कल आयोजित अरुणाचल प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण परिषद की इक्कीसवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोसांग ने व्यवसायिक समुदायों से आम उपभोक्ताओं के हित के लिए नकली और घटिया माल बेचने से बचने की अपील की है उन्होंने उपभोक्ताओं से उप्तादन की लेन देन सहित जीवन के हर एक पहलुओं में ईमानदार रहने के लाभ और गुणों के बारे में भी बताया इस दौरान श्री मोसांग ने विधि एवं उपभोक्ता मामला विभाग की अधिकारिक फेस बुक पैज और वटसअप अकाउंट का भी उदघाटन किया उन्होंने विभाग को उपभोक्ताओं के शिकायतों को प्राप्त करने और उसे न्यायालय के बाहर निपटाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों में टोल फ्री टेलीफोन नंबर के साथ उपभोक्ता हेल्पलाईन नंबर शुरु करने का भी सुझाव दिया यूपीया स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की पांचवी दिक्षांत समारोह कल संस्थान के परिसर में आयोजित हुआ

उन्होंने कहा कि एक जीवंत मजबूत और आत्मनिर्भर नया भारत बनाने के लिए शैक्षिक संस्थान को ज्ञान निर्माण ज्ञान का आकलन और प्रसार कौशल विकास मूल्य दृष्टिकोण और आखिर में ज्ञान का उपयोग करना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश के निदेशक प्रोफेसर पिनाकेश्वर महान्ता ने भी समारोह को संबोधित किया और संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट पेश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी पंद्रह जनवरी को नई दिल्ली से केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रुसा के तहत अरुणाचल प्रदेश में तीन महत्वपूर्ण परियोजना का डिजिटल रुप से शिलान्यास करेगें उच्च एवं तकनीकि शिक्षा निदेशालय ने कल यह जानकारी दी है रुसा के अंदर तीन नई परियोजना है तेजू में इंजीनियरिंग कॉलेज और नामसाई जिले के पियोंग तथा लोंगडिंग जिले के कानुबारी में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना क्रा दादी जिले के पालिन विधानसभा क्षेत्र से विधायक ताकम पारियो को राज्य के कांग्रेस विधायी दल के नेता के रुप में नियुक्त किया गया है दल के सूत्रो के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने श्री पारियो के नियुक्ति को मंजूरी दे दी है श्री पारियो के बाद अब साठ सदस्य राज्य विधानसभा में कांग्रेस के तीन विधायक है उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कल दो आर सी सी डेक स्टील पुल को ईस्ट सियांग जिले को समर्पित किया

कायिंग गासेंग गाते सड़क जिले के पायुम अंचल के अंदर दस असंबद्ध सीमांत गावों को बाकी जिलो से जोड़ेगा कायिंग में जन सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के अंतिम छोड़ तक संपर्क स्थापित करने के प्रति वचनबद्ध है

वेस्ट सियांग जिला पुलिस ने आलो नगर से एक नाबालिक लड़की के साथ द्रष्क्रम के आरोप में चालीस वर्षीय एक व्यक्ति गिरफ्तार किया आरोपी व्यक्ति नीजि बीमा कंपनी में ब्रांच मेनेजर के रुप में कार्य करता था गौरतलब है कि पिछले पांच महीनों से परिवार के सदस्यों की अनुपस्थिति में एक सरकारी क्वाटर में आरोपी व्यक्ति नाबालिक के साथ लगातार द्रष्क्रम कर रहे थे आलो पुलिस स्टेशन में दायर एफ आई आर के बाद पुलिस ने गत रविवार को उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया

इस बीच अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसायटि की वेस्ट सियांग जिला इकाई ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए संबंधित अधिकारी से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की है अरुणाचल के बेडमिनटन खिलाड़ी ला तालर ने डेन्मार्क के कोपेनहेगन में गत चौबीस से पच्चीस जनवरी तक आयोजित विक्ली एलेरोड कप दो हजार अटठारह में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक और पुरुष डबल वर्ग में रजद पदक जिता तिराप जिले के खोंसा स्थित नेहरु स्टेडियम में आयोजित पांच दिवसीय खेलों इंडिया खेल प्रतियोगिता दो हजार अटठारह उन्नीस कल संपन्न हो गया प्रतियोगिता में लगभग एक हजार खिलाड़ियो ने भाग लिया